केन्द्र सरकार ने आरक्षण के लाभ लेने वाले दविव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण में और अधिक लाभ देने के लिए स्नातकोतर मेडिकल कोर्सो में दाखिले के नियमों के संशोधन को मंजूरी दे दी है

स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत दविव्यांगजनों की भलाई के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है

विश्वविद्यालय अन्दान आयोग यूजीसी ने एक ऐतिहासिक फैसले में उच्च शैक्षिक मानदंडों का पालन करने वाले साठ उच्च शिक्षण को स्वायतता प्रदान की है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बातचीत में नई दिल्ली में यह घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र सरकार ने उदारवादी नीति आरंभ करने के प्रयास कर रही है साथ ही स्वराज्य को ग्णवत्ता के साथ्ज्ञ जोड़ने पर भी सरकार जोर दे रही है इसकी और जानकारी देते हए श्री जावड़ेकर ने कहा कि साठ उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायतता दी गई जिनमें बावन विश्वविद्यालयों शामिल है

इसके अलावा इन्हे विदेश से फैक्लटी लेने विदेशी छात्रों को भर्ती करने फैक्लटी को प्रोत्साहन भत्ता देने शैक्षणिक सहयोग और पत्राचार कार्यक्रमों को श्रू करनेकी आज़ादी भी होगी

उन्होंने बताया कि ग्रुग्राम का यह केंद्र हरियाणा प्लिस की एक इकाई है जिसने अपना एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है इस अवधि के दौरान इस प्रयोगशाला ने साइबर अपराधों और अन्य संबंधित मामलों में पुलिस अधिकारियों का कौशल बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण कोर्स संचालित किए हैं

वानफेंग ऑटो होल्डिंग ग्र्प नामक यह कंपनी रेवाड़ी जिला के बावल क्षेत्र में पहले से स्थापित है और इस निवेश से कंपनी के प्लांट की क्षमता दोग्नी हो जाएगी इसके अलावा इसी कंपनी ने चार पहिया वाहनों के लिए अलॉय व्हील निर्माण के लिए हरियाणा में एक अन्य प्लांट स्थापित करने की भी पेशकश की है श्री गोयल ने बताया कि सरकार की नई उदयमी प्रोत्साहन नीति के तहत औदयोगिक रूप से पिछड़े खंडों में कई विदेशी कंपनियों ने निवेश करने की इच्छा जाहिर की है इससे राज्य में रोजगार के अवसर और अधिक पैदा होंगे

घायल सवारियों के उपचार के लिए क्छ को अग्रोहा मेडिकल कालेज भेजा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि त्रिवाणी कार्यक्रम तीन राज्यों हरियाणा हिमाचल प्रदेश व पंजाब में सांस्कृतिक धरोहर की खोज का एक प्रयास है इन तीनों राज्यों में प्रतिभाशाली गायक व साम्हिक नृत्य दल निर्धारित तिथियों को अपने अपने राज्यों में जोनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए इसके लिए एक नीति का ड्राफट राज्य सरकार दवारा तैयार किया गया है म्ख्य मंत्री मनोहर लाल प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित प्रस्कार वितरण समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस नीति के आने से खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा अपने रोजगार को लेकर हरियाणा के कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों में बीते दिनों म्ख्यमंत्री से हुई बैठक में हल ना निकलने के चलते आज पंचक्ला में हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया शिक्षा विभाग ने पांच हजार कर्मचारियों को बढ़ा हआ वेतन देने की बाजय पुराना वेतन जारी कर दिया है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कस्प्यूटर शिक्षा देने के लिए वर्तमान में लगभग पांच हजार कम्प्यूटर शिक्षक और लैब सहायक अपनी सेवा दे रहे है मगर अभी तक इन कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हए